श्री गहलोत आज जयपुर में कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि टैक्स कलेक्शन में किसी तरह का लीकेज ना हो और ईमानदारी से कर अदा करने वाले उद्यमियों और व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी न हो बैठक में व्यापार और उद्योग जगत की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया बैठक के बाद उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि विभिन्न संगठनों से बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं

श्री शर्मा ने आज विभिन्न विकास संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उनसे निरोगी राजस्थान के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया बैठक के बाद पत्रकारों के बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी विकास सहयोगी संस्थाएं प्रभावी समन्वय के साथ काम कर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओ को बेहतरीन बना सकती है उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान सरकार का ऐसा अनोखा कार्यक्रम है जिसके जरिए सरकार आमजन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहने के लिए प्रेरित करेगी

मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छता की कृछ आदतें इस वायरस के जोखिम को कम कर सकती है

आज असम के कोकराझार में बोडो समझौते के बारे में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता समूचे पूर्वोत्तर के लिए एक नई शुरूआत है

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने स्पष्ट किया कि एक देश एक राशन कार्ड के लिए नये कार्ड की जरूरत नहीं होगी

उन्होंने बताया कि सरकारी एजेंसियों के सकिय प्रयासों के कारण इसका प्रभाव गुजरात और राजस्थान के पांच जिलों तक ही सीमित रहा और अब स्थिति नियंत्रण में है

उन्होंने कहा कि टिड्डियों से फसल को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए केन्द्र सरकार का दल भेजा गया है

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने भी राज्य में एक फरवरी से बिजली के दरें बढाने का कड़ा विरोध करते हुए इसे तुरंत प्रभाव से वापिस लेने की मांग की है पार्टी के राज्य सचिव अमरारराम ने आज जयपुर में एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने महंगाई से पहले से ही परेशान जनता पर यह अतिरिक्त आर्थिक भार और लाद दिया है

इसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी राज्य में बिजली की दरें बढाने का विरोध किया है

राज्य में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं भरतपुर में आज चौथे दिन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में जागरूकता बाइक रैली निकाली गई रैली में शामिल ट्रैफिक पुलिसकर्मियों सहित आम लोगों ने मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाकर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया प्रतापगढ में दुर्धटना रोकने और यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए गांधी चौराहा धरियावाद नाका पर वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर समझाया गया